राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्री हरिवंश राज्यसभा के उप सभापति च्ने गये है

सभापति एम वैंकेया नायड् ने परिणाम की घोषणा की उसके बाद सदन के नेता अरूण जेतली और संसदीय मामलों के मंत्री अनंत क्मार ने उन्हें क्र्सी पर बिठाया वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश जनता दल यूनाइटेड के सदस्य होने के नाते राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करते है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर श्री हरिवंश को श्भकामनाएं दी है

आज का दिन हर वर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर आज रात नया भारत और आजादी की प्रासंगिकता विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे से सुना जा सकता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहति देने वाले शहीदों को याद किया है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं और प्रूषों को याद किया अपने टिवटर अकाउंट पर श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दवारा भारत छोड़ो पर लिखी कविता को भी सांझा किया इस दौरान पलवल के माल गोदाम रोड स्थित ऐतिहासिक गांधी सेवा आश्रम में क्रांति दिवस के अवसर पर हरियाणा व्यापार मंडल दवारा पौधारोपण किया गया व्यापार मंडल के प्रधान विनोद जैन ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया इस अवसर पर हरियाणा लोक सेवा के पूर्व सदस्य हरेंद्र पाल राणा व गांधी आश्रम के प्रधान देवीचरण मंगला भी मौजूद थे प्रधान विनोद जैन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है

महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया इस आंदोलन को अगसत् क्रांति के नाम से जाना जाता है उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल ने गांधी सेवा आश्रम में पौधारोपण कर ऐतिहासिक कार्य किया है

हरियाणा खादय नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि यदि कोई भी मिठाई की द्वकान वाला द्वकानदार मिठाई को डिब्बे के साथ तोलेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी श्री कांबोज ने चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि कि त्यौहारों के मौसम में अकसर दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बों का भार भी तोलते है ऐसा करने वालों पर कड़ी कारवाई की जायेगी

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि जिला पंचकूला में डिपू होलडर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए कैशलेस स्विधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्रू की जायेगी

लांस नायक विक्रमजीत सिंह का आज उसके पैतृक गांव अम्बाला के तेपला में राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

सेना व प्लिस की ट्कड़ी ने हथियार उल्टे करके मातमी ध्न बजाकर और हवा में गोलियां दागकर शहीद को सलामी दी हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने शहीद के पार्थिव शरीर पर प्ष्प चक्र भेंट कर श्रद्वाजंलि दी

उन्होंने बताया कि शहीद की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दी जायेगी इसके लिए उपाय्क्त श्रीमति शरणदीप कौर बराड़ व जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को आवश्क्ता और औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिए गए है शहीद को श्रद्वाजंलि देने वालों में श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी विधायक संतोष चौहान सारवान विधायक असीम गोयल भी शामिल थे

आज श्रावण मास की महाशिवरात्रि का पर्व एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेन्द्रगढ़ के गांव राठीवास में बाबा भूरस्थ मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और यज्ञ में भी भाग लिया उन्होंने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए प्रार्थना की यम्नानगर के प्राचीन श्री कालेश्वर महादेव मठ कलेसर प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर जगाधरी तथ अन्य कई मंदिरों में श्रद्वाल् विशेषकर कांवडियो ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया

हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार बीमा योजना चलाई जा रही है